प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीद के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा के अभिन्न अंग है

बाइट एमएसपी और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा हैं इसलिए इसका वैज्ञानिक तरीके से अच्छे से अच्छी व्यवस्था के साथ अच्छा से अच्छा प्रबंधन भी हो और ये आगे भी जारी रहे ये बहुत आवश्यक है और हम इसके लिए प्रतिबद्व हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य क्रान्ति की दिशा में सरकार के प्रयासों में देश का किसान महत्वपूर्ण स्तम्भ है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में क्पोषण के मुद्दे के समाधान के लिए बहुआयामी कदम उठाये हैं श्री मोदी ने कहा कि एक ओर बच्चों और माताओं के लिए पौष्टिक आहार बढाने पर जोर दिया गया है तो दूसरी ओर साफ सफाई के मानक बढ़ाने के भी प्रबन्ध किये गये हैं बाइट एक तरफ नेशनल न्यूट्रीशन मिशन शुरू हुआ तो दूसरी तरफ हर उस फैक्टर पर काम किया गया जो कुपोषण बढ़ाने का कारण है बहुत बड़े स्तर पर परिवार और समाज के व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी काम किया

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब तक विद्यालय नहीं खूलते और जहां स्मार्ट फोन की व्यवस्था नहीं है वहां दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से बच्चों को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने और गांवों मे ंसोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था पर विचार करना चाहिये उन्होंने कहा कि तकनीकी माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद विशेष कर मिशन प्रेरणा में नये सुधार शुरू हुए है शिक्षकों ने जहां भी प्रयास किये हैं वहां बच्चें पब्लिक और कान्वेंट स्कूलों को छोड़कर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में आये हैं उन्होंने कहा कि अगर हम टेक्नोलाजी से बचेंगे तो विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट जायेंगे इसलिये हमें मुख्य धारा से वंचित नहीं होना है

इस अवसर पर डमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल एवं स्थानीय विधायक भी उपस्थित रहे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये एवं युवाओं को रोजगार देने के क्रम में यह भर्ती प्रक्रिया की जा रही है

श्री मौर्य ने कहा बाइट नव चयनित शिक्षकों को नियुक्त पत्र प्रदान किया एक लम्बे अर्से से यह नियुक्ति प्रक्रिया लम्बित चली आ रही थी यहां तक कि तमाम जो अभ्यर्थी थे उनके अन्दर अविश्वास पैदा हो रहा था सरकार की मानसिकता साफ सुथरी रही हम इनको नियुक्त देना चाहते थे

इसलिये शेष लम्बित नियुक्तियां बाद में की जायेंगी सांसद जगदम्बिका पाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार जहां एक ओर गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है वहीं दूसरी ओर सरकार का उद्देश्य पढ़े लिखे युवाओं को सरकारी रोजगार प्रदान करना भी है उन्होंन कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने से प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार होगा तथा यह निःशुल्क तथा गुणत्तापूर्ण शिक्षा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने में सक्षम होगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क खोलने का आदेश दिया है मुख्यमंत्री ने कल एक बैठक में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को इसे प्राथमिकता देने का निर्देश दिया और कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए

एक रिपोर्ट डिस्पैच आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सामान्य तौर पर महिलाएं पुलिस थानों में पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराने में झिझक महसूस करती हैं इसे ध्यान में रखते हुए इन महिला हेल्य डेस्क पर महिला पुलिसकर्मियों की ही तैनाती की जाएगी ताकि प्रदेश में हर महिला अपनी शिकायत बिना किसी डर के स्वतंत्र तौर पर दर्ज करा सके सरकार ने इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा है हेल्प डेस्क पर तैनात महिला पुलिसकर्मी शिकायतों को सुनने के साथ ही किसी भी वक्त महिलाओं की मदद के लिए भी तैयार रहेंगी राज्य सरकार ने इससे पहले लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर महिलाओं के लिए पिंक ब्रथ भी बनाए है राजधानी समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों के चौराहों पर भी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है कार्यस्थल से देर रात लौटने वाली महिलाओं को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी राज्य सरकार ने की है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ कल से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि की प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मन्दिरों और बाजारों में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं

इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न शक्तिपीठों और मंदिरों पर आवश्यक सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है जिससे श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके सरकार ने धार्मिक स्थलों पर कोरोना के चलते पहले ही दिशा निर्देश जारो कर दिये हैं मुख्यमंत्री योगो आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदश वासियों को शुभ कामनाएं दी हैं एक सन्दश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मॉ दुर्गा की उपासना का अत्यधिक महत्व है

मंत्रिपरिषद ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल फेस्टिवल पैकेज एवं उसके लिए अग्रिम भूगतान किये जाने की योजना के व्यापक उद्देश्यों को देखते हुए इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है

समाप्त